वे कलराज मिश्र का स्थान लेंगे जिन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है

इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले बंडारू दत्तात्रेय भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वे दो बार आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं

महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री और टीसीपी सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी में जनसुनवाई की इस दौरान ग्रामीणों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को सिरे से खारिज करते हुए ग्रामीण इलाकों को इससे बाहर करने की मांग की है महेंद्र सिंह ने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखकर सब कमेटी सरकार को अपनी सिफारिशें देगी और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा उन्होंने कहा कि वे मंडी हमीरपुर बिलासपुर और ऊना जिले में टीसीपी एक्ट से लोगों को आ रही समस्याओं की सुनवाई करेंगे कमेटी के सदस्य सुरेश भारद्वाज शिमला सोलन और सिरमौर जबकि गोविंद ठाकुर कांगड़ा कुल्लू और चम्बा जिलों में इस अधिनियम के संबंध में लोगों के सुझाव लेंगे बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सिरमौर जिले में कोदेवाला संपर्क सड़क पर नवर्निमित दो पुलों का उद्घाटन किया इस पर चालीस लाख रुपए की लागत आई है उन्होंने कहा कि माजरा सैनवाला गुन्गलो सड़क के सुधार और पुल निर्माण पर करीब साढ़े सात करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे उन्होंने कोदेवाला में स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया जिसमें दो सौ से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के कैथ् में पार्किंग और सामुदायिक भवन की आधारशिला रखी

उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को शहर में अतिरिक्त पार्किंग के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए

इस दिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए करबला में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है इस अवसर पर आज देश सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर ताजिए निकाले गए और मजलिसों का आयोजन किया गया कांग्रेस कांग्रेस मानव अधिकार विभाग के अध्यक्ष संजय चौहान ने केंद्र सरकार के सौ दिन के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है उन्होंने कहा कि आज देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है उन्होंने सरकार को अर्थव्यवस्था को ठीक करने और बेरोजगारी दूर करने को लेकर प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी है

राज्य सरकार ने सभी वाहन धारकों को अपने दस्तावेज पूरे करने का समय दिया है सिरमौर की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चौहान ने नाहन में बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जागरूक किया जाएगा मशरूम सोलन जिले के चम्बाघाट रिथित मशरूम अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया जिसमें देश के तीस राज्यों के किसानों व मशरूम उत्पादकों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया मेले का शुभारंभ भारतीय कृषि परिषद नई दिल्ली के उपनिदेशक आनंद कुमार ने किया

विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने कहा कि उन्हें मशरूम उत्पादन के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है और बेरोजगार युवा मशरूम उत्पादन कर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं खेलकूद प्राथमिक पाठशालाओं की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज मंडी जिले के सुंदरनगर में शुरू हुई

विधायक राकेश जम्वाल ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया